उन्होंने कहा कि अब तक के विश्लेषण के अन्सार कोविशील्ड स्रक्षित है म्ख्यमंत्री संवाद म्ख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब से क्छ देर बाद इंदौर से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम स्वनिधि के हितग्राहियों से संवाद करेंगे

मुख्यमंत्री ने इससे पहले आज स्बह इंदौर हवाई अड्डे पर अंतर्राष्ट्रीय एयर कार्गो टर्मिनल का शिलान्यास किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आने वाले कुछ वर्षो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपने लोकल को वोकल बनाएं और मप्र में बनीं हई चीजों को सारी द्निया में भेजें श्री चौहान ने कहा कि इंदौर में अपार संभावनाएं हैं और इंदौर इसमें रिकार्ड कायम करेगा मुख्यमंत्री ने कानून तोड़ने वालों को चेतावनी देते हुए कहा कि जितने माफिया हैं ये मप्र की धरती पर दिखेंगे नहीं इनको पूरी तरह समाप्त करने का हमने फैसला लिया है क्योंकि स्शासन के लिए ये जरूरी है

पश् पालन विभाग द्वारा बर्डफ्लू के बारे में सतर्कता बरतने के निर्देश जारी किये गये हैं इस बीचए म्ख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बीमारी को लेकर आपात बैठक ब्लाई है पूरे राज्य में केन्द्र सरकार के निर्देश पर मूर्गी पालन केन्द्रों से नमूने इकट्ठे किये जा रहे हैं

कलेक्टर अवधेश शर्मा ने जिले में कौओं में बर्ड फ्लू रोग की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन के अन्सार आवश्यक एहतियात बरतने के निर्देश जारी किए है जिले में उपसंचालक पश्पालन सेवाएं कार्यालय में कन्ट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है

ये संयंत्र देश के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में खोले जाएंगे

मौसम प्रदेश के मौसम में उतार चढाव जारी है कहीं बारिश हो रही है तो कहीं गर्मी का अहसास होशंगाबाद जिले में पिछले दो दिनों से रुक रुक कर हों रही बारिश से चने की फसल को न्कसान होने का खतरा बढ़ गया है

उधरपन्ना और जबलप्र में तीन दिन बादलों से ढके रहने के बाद आज धूप खिली विदिशा जिले में सीएमएचओ डॉ केएस अहिरवार ने जानकारी दी कि शीतलहर के समय विभिन्न प्रकार की बीमारियों की संभावना अधिक बढ़ जाती है इसलिए गर्म कपड़े अवश्य पहनें

मास्क और दो गज की दूरी हाथ धोना भी है जरुरी नमस्कार